और बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र अठाईस जून से होगा शुरू

केन्द्र सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन की एक योजना को मंजूरी दे दी है छोटे दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले लोग जिनका सालाना टर्न ओवर एक करोड़ पांच लाख रूपये से कम है इस योजना के दायरे में आयोगा योजना का लाभ लेने के लिए अठारह से चालीस साल तक की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं इन लोगों को साठ वर्ष आयु होने पर प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रुपये पेंशन दी जाएगी योजना का लाभ लेने के लिए देश भर में तीन लाख पच्चीस हजार कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण कराया जा सकता है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सभी दुकानदारों खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है केन्द्र सरकार ने साठ वर्ष से अधिक आयू के किसानों को तीन हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन देने का भी फैसला किया है योजना का लाभ अठारह से चालीस वर्ष के किसान ले सकते हैं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि पेंशन योजना के तहत पंजीकृत किसानों की मृत्यु के बाद भी पेंशनधारी के जीवनसाथी को आधी पेंशन मिलनी जारी रहेगी श्री तोमर ने कहा कि केन्द्र सरकार पेंशन कोष में उतनी ही राशि डालेगी जितनी राशि लाभार्थी जमा करेंगे केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को देने का निर्णय किया है नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय किया गया कि देश के लगभग पन्द्रह करोड़ लघु तथा सीमांत किसानों को तीन किस्तों में हर वर्ष छह छह हजार रूपये दिये जायेंगे पहली किस्त अगस्त महीने तक उनके खाते में भेज दी जायेगी कैबिनेट के बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को सरकार के इस बड़े फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब दो हेक्टेयर जोत की सीमा समाप्त कर दी गयी है और योजना का लाभ लगभग पन्द्रह करोड़ किसानों को मिलेगा उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में किसानों से किये वादे को कैबिनेट की पहली बैठक में पूरा कर दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ट्वीट संदेश में कहा है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गये उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसे वायदे किए थे प्रधानमंत्री ने कहा कि इन निर्णयों से मेहनतकश किसानों और व्यापारियों को काफी फायदा होगा उन्होंने कहा कि इन फैसलों से देश की जनता की गरिमा बढ़ेगी और अधिक सशक्तिकरण होगा सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की सत्रह तारीख से शुरू होगा राज्यसभा की बैठकें इस महीने की बीस तारीख से होंगी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि संसद का सत्र छब्बीस जुलाई तक चलेगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की उन्नीस तारीख को कराया जाएगा राष्ट्रपति बीस जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जबकि केन्द्रीय बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र अठाईस जून से शुरू होगा जो छब्बीस जुलाई तक चलेगा इस दौरान कुल तेईस बैठकें होंगी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अठाईस जून को वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा एक जुलाई को वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के आय व्यय पर चर्चा होगी वहीं दो जुलाई को बजट पर बिहार सरकार का जबाव होगा भारतीय रिजर्व बैंक इस महीने की तीन से सात तारीख तक देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा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 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि की गयी है बिना सब्सिडी वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पच्चीस रूपये जबकि सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर एक रूपये तेईस पैसे मंहगा हो गया है इस वृद्धि के बाद गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत आठ सौ तीस रूपये पचास पैसे हो गयी है इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सूत्रों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे कच्चे तेल की कीमत में बढोतरी और डॉलर के मुकाबले रूपये के मूल्य में गिरावट के कारण कीमतें बढ़ाने का निर्णय किया गया है बिहार की अर्चना मिश्रा को सिजोफ्रेनिया के मरीजों में रेमेलटीऑन दवा के प्रभाव के अध्ययन पर किये गए शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय युवा अन्वेषक प्रस्कार से सम्मानित किया गया है गौरतलब है कि अर्चना दो हजार तीन में दरभंगा से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बारहवीं की परीक्षा में अव्वल रह चुकी हैं मूजफ्फरपूर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के बसैठा गांव से पूलिस ने करीब सात सौ कार्टन शराब बरामद किया है खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत राजाखान गांव में अपराधियों ने एक छात्र का अपहरण कर लिया भागलपुर जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के खगडा मोड़ के पास नवगछिया भागलपुर मुख्य पथ पर बस और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर में एक महिला की मौत हो गई तथा छह अन्य घायल हो गये समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी नागेश्वर राय के पुत्र की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के ऊपर बने चक्रवाती दबाव के कारण तापमान में गिरावट तर्ज की गयी है पटना का अधिकतम तापमान सैंतीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि भागलपुर और पूर्णियां सहित पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के कई इलाकों में आज तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है पटना में आज से चार दिवसीय एकतीसवीं स्टेट सिनियर स्क्वैश चैपियनशिप शुरू हो रहा है इस प्रतियोगिता में पुरूष महिला और प्रोफेसनल तीन वर्गो में स्पर्धा में आयोजित होगी दानापुर मंडल क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में आयोजित अंतर विभागीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की टीम ने अकांउट विभाग की टीम को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले दुकानदारों किसानों को पेंशन मोदी ने शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाई दैनिक भास्कर की सुर्खी है बिना सब्सिडी वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आज से पच्चीस रूपये महंगा हुआ प्रभात खबर का शीर्षक है नीतीश बोले किसी से कोई गिला शिकवा नहीं केन्द्र की मोदी सरकार में आगे भी जदयू नहीं होगा शामिल दैनिक जागरण की सुर्खी है राज्य कैबिनेट का फैसला छत्तीस लाख से अधिक बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन चलंत सिपाही दस्ते के लिए चार सौ पैंसठ पदों का सुजन आज अखबार लिखता है बिहार कांग्रेस प्रभारी गोहिल का इस्तीफा राष्ट्रीय सहारा ने अपने खेल पन्ने पर सुर्खी बनाते हुए अखबार लिखता है विश्व कप क्रिकेट में आज आस्ट्रेलिया के खिलाफ नवोदित अफगान लड़ाकों की अग्निपरीक्षा

और बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र अठाईस जून से होगा शुरू